किशनगंज शहर में कल से बहत्तर घंटे का लॉकडाउन लागू रहेगा

और सावन का पवित्र महीना आज से शुरू

प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस से सात और लोगों की मौत हुई है मृतकों की संख्या बढ़कर संतानवे हो गयी है वहीं आज कोविड उन्नीस संक्रमितों की संख्या बारह हजार के आंकड़े को पार कर गयी है स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज दो सौ छिहत्तर नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर बारह हजार एक सौ चालीस हो गयी सबसे अधिक पचपन मामले पटना से सामने आये हैं वहीं दरभंगा से सताईस भागलपुर से पच्चीस पूर्वी चंपारण और नालंदा से पंद्रह पंद्रह पश्चिम चंपारण से तेरह मुंगेर से ग्यारह और सुपौल से दस मामलों की पुष्टि हुई है खगड़िया से नौ कटिहार और सीवान से आठ आठ मधुबनी और मुजफ्फरपुर से सात सात गोपालगंज जहानाबाद मधेपुरा और रोहतास से छह छह तथा भोजपुर अरवल और सारण से पांच पांच मामले सामने आये हैं जमुई किशनगंज नवादा और समस्तीपुर से चार चार पूर्णिया और सहरसा से तीन तीन बांका और शिवहर से दो दो तथा सीतामढ़ी से एक मामले पॉजिटिव पाये गये हैं स्वास्थ्य विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में अब तक नौ हजार चौदह मरीजों को उपचार के बाद छुट्टी दी जा चुकी है स्वस्थ होने की दर चौहत्तर दशमलव दो पांच प्रतिशत है राज्य में बाईस मार्च के बाद से अब तक दो लाख चौंसठ हजार नमूनों की जांच की गयी है किशनगंज शहर में कोविड उन्नीस के मामलों में बढ़ोतरी के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कल से बहत्तर घंटे के लिये पूरे नगर में कड़ाई के साथ लॉकडाउन लागू करने का निर्णय किया है इस दौरान आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा किशनगंज के अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि दवा किराना सब्जी और दूध आपूर्ति से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी समस्तीपूर जिले में कोविड उन्नीस से एक किराना व्यवसायी की मृत्यू हो गयी जिले में इस महामारी से मृतकों की संख्या बढ़कर छह हो गयी है वहीं सदर अस्पताल के दो चिकित्सक एक नर्स दो ममता कार्यकर्ता और एक अन्य कर्मी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं इसे देखते हुए सदर अस्पताल में ग्यारह ज़ुलाई तक ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया है इधर सुपौल नगर परिषद् क्षेत्र के वार्ड संख्या पच्चीस स्थित गुदरी मुहल्ले में एक साथ दस संक्रमितों के मिलने के बाद मुहल्ले को सील कर दिया गया है लोगों के बाहर निकलने पर पूरी तरह रोक लगा दी गयी है द्रसरी ओर दरभंगा जिले में अनलॉक टू के नियमों के उल्लंघन के मामले में पैंतीस दुकानों को सील कर दिया गया है औरंगाबाद शहर महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अगले एक सप्ताह तक समाहरणालय में किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया गया है देश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कोविड उन्नीस के रिकार्ड चौबीस हजार दो सौ अड़तालीस नये मामले सामने आने से संक्रमित लोगों की कुल संख्या छह लाख संतानवे हजार चार सौ तेरह हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार अब तक चार लाख चौबीस हजार चार सौ तैंतीस रोगी उपचार के बाद स्वस्थ हो चुके हैं पिछले चौबीस घंटे में पंद्रह हजार तीन सौ पचास रोगी ठीक हुए हैं स्वस्थ होने की दर साठ दशमलव आठ पांच प्रतिशत हो गई है वहीं इस वैश्विक महामारी से एक दिन में चार सौ पच्चीस मौतों के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर उन्नीस हजार छह सौ तिरानवे हो गई है पटना एम्स में कोविड उन्नीस मरीजों का प्लाज्मा थेरेपी के माध्यम से उपचार शुरू हो गया है एम्स निदेशक प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि छत्तीस वर्षीय एक युवक की प्लाज्मा थेरेपी की गयी जिसके बाद उसकी स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है उन्होंने बताया कि अस्पताल में भर्ती कई अन्य गंभीर मरीजों को प्लाज्मा चढ़ाने के लिये भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् से अनुमति मांगी गयी है वरिष्ठ चिकित्सक डाक्टर घनश्याम पांग्ते ने कहा है कि कोविड उन्नीस बहुत संक्रामक महामारी है इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग जरुर करना चाहिए

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्द्धन ने कहा है कि भारत बायोटेक द्वारा निर्मित कोवैक्सिन टीके और जायडस कैंडिला द्वारा विकसित जाइकोव डी टीके से काफी उम्मीद की जा रही है प्रधानमंत्री के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में वैक्सिन बनने की प्रक्रिया को समझाया

तो पहली टैस्ट होती है सेफ्टी दूसरी टैस्ट होती है वैक्सीन में जब वैक्सीन को इंजैक्ट करते हैं तब क्या अपना शरीर उस वैक्सीन के इंजैक्शन से इम्यून रैस्पॉस चालू होती है कि नहीं तीसरी वैक्सीन सेफ हो और और इम्यून रैस्पॉस इम्यूनिटी देती हो तो क्या वो फील्ड में जब आप बाहर जाते हैं काम करने में या घर में हैं या ऑफिस में है अगर मान लीजिये वायरस आती है तो वैक्सीन लेने से वायरस से प्रोटैक्शन मिलती है और जब तक यह तीनों ठीक नही हैं तब तक हमारे देश में इंडियन काउन्सिल ऑफ मैडिकल रिसर्च जो बाकी एजेन्सी से पार्टनर कर रहे हैं तो वैक्सीन चालू नहीं करेंगे तो चालू करने के लिये आई सी एम आर और हमारे ड्रग कंट्रोल एजेंसी ये तीन मुद्दों को पूरी तरह से देखेंगे देख रहे हैं कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए डाक विभाग गांव गांव तक सस्ते दामों पर फेस मास्क सैनेटाईजर और पीपीई कीट उपलब्ध करायेगा पूर्वी क्षेत्र के पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने बताया कि विभाग ने इसके लिए खादी इंडिया के साथ समझौता किया है इधर बिहार नेत्रहीन परिषद् की ओर से आज पटना के कई क्षेत्रों में दिव्यांगजनों के बीच मास्क और साब्रन का वितरण किया गया उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है श्री नायडू ने ट्वीट संदेश में कहा कि मातभूमि के लिए उनका प्रेम प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणा बना रहेगा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि देश की प्रगति में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का अनुकरणीय योगदान रहा है उन्होंने देश की एकता सुदृढ़ करने का अनवरत प्रयास किया सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है इधर भाजपा प्रदेश मुख्यालय में इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में पार्टी के बिहार प्रभारी भूपेन्द्र यादव प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी प्रेम कुमार नंद किशोर यादव समेत कई गणमान्य लोगों ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लॉकडाउन में स्कूलों के बंद रहने के कारण मिड डे मिल नहीं चालू रहने से भागलपुर जिले के सुलतानपुर में भोजन के अभाव में कथित तौर पर बच्चों की खराब हालत को लेकर बिहार सरकार और केन्द्र के मानव संसाधन विकास मंत्रालय को नोटिस जारी किया है यह खबर मीडिया मे आयी थी जिसका स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने यह कदम उठाया है अनलॉक के दूसरे चरण के तहत नियमों के उल्लंघन के मामले में प्रदेश में अब तक एक करोड़ नौ लाख रूपये से अधिक की राशि जुर्माने के रूप में वसूली जा चुकी है पुलिस मुख्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार तीन हजार पांच सौ चार वाहन भी जब्त किये गये हैं वहीं फेस मास्क नहीं पहनने के आरोप में एक हजार एक सौ छियालीस लोगों पर जुर्माना किया गया है इनसे संतावन हजार तीन सौ रूपये की राशि जुर्माने के रूप में वसूली गयी है ग्रामीण विकास विभाग ने जीविका समूहों के जरिये एक करोड़ परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य पूरा कर लिया है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि नौ लाख पचास हजार समूहों के माध्यम से इन परिवारों को जोड़ा गया है उन्होंने बताया कि अभी पचास हजार और स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जायेगा केंद्र सरकार ने कहा है कि खरीफ फसल के मौसम के दौरान देश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है रसायन और उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने कहा कि राज्य सरकारों के साथ सलाह मशविरा करके उर्वरक का पर्याप्त भंडार तैयार किया गया केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उर्वरक विभाग उर्वरक की मांग पर लगातार नजर रखे हुए है श्री गौड़ा ने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को सही समय पर और उचित दर पर उर्वरक की आपूर्ति कर रही है कृषि मंत्री प्रेम क्मार ने कहा है कि खरीफ मौसम में अब तक दो लाख अठहत्तर हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि पर धान के बिचड़े का आच्छादन किया जा च्रका है जो निर्धारित लक्ष्य का नवासी प्रतिशत है उन्होंने बताया कि अभी सात लाख इकसठ हजार सात सौ छह हेक्टेयर में धान की रोपनी हो चुकी है जो लक्ष्य का तेईस प्रतिशत है मौसम विभाग ने अगले अड़तालीस घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जतायी है अररिया किशनगंज पूर्णिया और कटिहार जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है अगले दो दिनों तक कई क्षेत्रों में कहीं कहीं गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है वहीं पश्चिम चंपारण प्रर्वी चंपारण गोपालगंज मुजफ्फरपुर दरभंगा सुपौल समस्तीपुर और शिवहर जिले में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण बारिश की स्थितियां बनी हुई हैं इस दौरान कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका जतायी गयी है आज सबसे अधिक शिवहर में एक सौ मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी वहीं दरभंगा बिहपुर भागलपुर कहलगांव और इंद्रपुरी में तीस मिलीमीटर वर्षा रिकार्ड की गयी है इस बीच मौसम विभाग ने लखीसराय बेगूसराय और बक्सर जिले में तेज बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी जारी की है इस दौरान लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा पिपराही चानन रामगढ़ चौक हलसी बड़हिया और लखीसराय सदर प्रखंडों में वजपात की आशंका बनी हुई है वहीं बेगूसराय जिले के बरौनी मटिहानी और बक्सर जिले के चौसा राजपुर इटहरी और बक्सर सदर प्रखंड में लोगों से खुले में जाने से बचने की अपील की गयी है नेपाल से निकलने वाली नदियों के जलग्रहण क्षेत्र और प्रदेश भर में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों के जलस्तर में एक बार फिर बढ़ोतरी का सिलसिला शुरू हो गया है केन्द्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बागमती नदी सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर में लाल निशान से लगभग आधा मीटर ऊपर है वहीं कोसी नदी खगड़िया के बलतारा में खतरे के निशान से एक मीटर से अधिक ऊपर चली गयी है महानंदा नदी पूर्णिया के ढेंगरा घाट और कटिहार के झावा में लाल निशान से ऊपर है वहीं अररिया में परमान नदी के जलस्तर में कमी आयी है लेकिन नदी अभी भी खतरे के निशान से बाईस सेंटीमीटर ऊपर है बूढ़ी गंडक नदी का जलस्तर मुजफ्फरपुर समस्तीपुर और खगड़िया में विभिन्न स्थानों पर तेजी से बढ़ा है इधर गंगा नदी के जलस्तर में मुंगेर और भागलपुर में बढ़ोतरी की प्रवृत्ति देखी जा रही है वहीं बक्सर पटना और भागलपूर में नदी का जलस्तर स्थिर बना हुआ है सावन का पवित्र महीना आज से शुरू हो गया है कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए राज्य सरकार के आदेश पर सभी शिव मंदिर चार अगस्त तक भक्तों के लिये बंद हैं श्रावणी मेले के आयोजन के साथ ही कांवड़ यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाया गया है श्रद्धालु घरों में ही जलाभिषेक और पूजा अर्चना कर रहे हैं हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि शिवालयों के पट बंद हैं और लोग दूर से ही दर्शन कर रहे हैं इधर झारखंड के देवघर स्थित विश्व प्रसिद्ध बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर से श्रद्धालुओं के लिये ऑनलाईन दर्शन और आरती की व्यवस्था की गयी है सावन के पूरे महीने लोग देवघर जिला प्रशासन और झारखंड सरकार की वेबसाइट के माध्यम से ज्योर्तिलिंग की आरती और दर्शन कर सकते हैं और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर प्रदेश में कोविड उन्नीस महामारी से सात और लोगों की मौत

किशनगंज शहर में कल से बहत्तर घंटे का लॉकडाउन लागू रहेगा

और सावन का पवित्र महीना आज से शुरू